पिथौरागढ़ जिले में अनेक बैंक खाताधारकों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपना बीमा करवाया प्रदेशभर में मनाए जा रहे विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह में महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में बताया गया

सीएम समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्रों में की गई घोषणाओं की समीक्षा की बैठक में मुख्यमंत्री ने जिले के विधायकों द्वारा पेश करोड़ों रुपए की परियोजनओं को मंजूरी दी बैठक में विधायक सौरभ बहगुणा ने सितारगंज क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की शिकायत की जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गदरपुर के हैपेटाईटिस से प्रभावित कनकटा और चन्दानगर के गांवों में इस बीमारी के कारणों का अध्ययन करने के आदेश जिलाधिकारी को दिए

श्री रावत ने ऊधमसिंह नगर जिले के अस्पतालों की भी समीक्षा की उन्होंने निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को देखते हुए चिकित्सा तंत्र विशेष रूप से सर्तक और सक्रिय रहे खटीमा विधानसभा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जनजातियों के वनाधिकारों को मजबूत करने की बात कही

यह योजना देश के हर बैंक के माध्यम से लागू की जा रही है प्रदेश के दूरस्थ सीमावर्ती जिला पिथौरागढ़ में बैंकों के प्रबंधन द्वारा खाताधारकों को इस बारे में जागरुक किया जा रहा है कई खाताधारकों ने इस योजना के तहत अपना बीमा करवाया है

भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक अमर सिंह ग्वाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा जनधन खाते पर भी लागू है उन्होंने कहा कि देश के हर बैंक के माध्यम से उपलब्ध इस योजना का लाभ खाताधारक ले सकते हैं

इसका प्रमुख उद्देश्य देश के सभी बैंक खाताधारकों को बीमा का सुरक्षा कवच प्रदान करना है न्यायाधीश उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएमजोसेफ को प्रोन्नत कर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूर करते हुए न्यायामूर्ति जोसेफ की नियुक्ति की है न्यायामूर्ति जोसेफ नैनीताल उच्च न्यायालय के पांचवे मुख्य न्याधीश हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय के जज के रूप में नियुक्ति मिली है उनके विदाई समारोह के अवसर पर उच्च न्यायालय बार ऐशोसिएसन के पदाधिकारियों र्न कहा कि न्यायमूर्ति जोसेफ न केवल संविधान और कानून के विशेषज्ञ हैं बल्कि उनकी निष्ठा भी त्रटीहीन है और वे उत्तराखण्ड के सबसे अच्छे न्यायाधीशों में से एक रहे हैं समीक्षा चम्पावत और पिथौरागढ़ जिलों की नेपाल से लगी सीमा पर निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह देहरादून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए उन्होंने कहा कि उच्च प्राथमिकता की इन योजनाओं के निर्माण में किसी भी तरह की शिथिलता और लापरवाही बर्दाशत नही की जाएगी

इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के साथ ही महिलाओं में स्तनपान के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है इस अवसर पर बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने दून महिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्तनपान की जानकारी दी और बेटियों के जन्म को खुशी से स्वीकार करने का संदेश दिया उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना और वैष्णवी किट योजना के तहत नवजात बच्चियों को जरूरी वैष्णवी किट और महिलाओं को फलाहार वितरित किया उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म के समय माता का पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत है उसे जरूर पिलायें ताकि बच्चे को जरूरी पोषक तत्व मिल सके और उसकी प्रतिरक्षण क्षमता भी बढे इस अवसर पर दून मेडिकल कालेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्तनपान जागरूकता का संदेश दिया अतिक्रमण देहरादून नगर निगम की सीमा में हुए अतिक्रमण को हर कीमत पर हटाया जाएगा यह जानकारी देते हए अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि अतिक्रमणकारी चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर जाने अनजाने किसी ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो वह खुद ही उसे हटा दे ताकि प्रशासन को अप्रिय कार्रवाई न करनी पड़े श्री ओमप्रकाश ने दुबारा अतिक्रमण करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी

कॉर्बेट पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों के शिकार को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है कोर्ट ने कॉर्बेट के झीरना शीतावनी ढिकाला और बिजरानी जोन में निजी वाहनों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में निजी हाथी की सफारी पर भी रोक लगा दी है वहीं कोर्ट ने सभी न्यायालयों को आदेश दिए हैं कि वन्यजीवों की तस्करी के मामलों को जल्द निस्तारित किया जाये

इसमें उन्होंने वन गूजरों की मदद से बाघों का शिकार किए जाने की बात कही थी मौसम प्रदेश के अधिकतर इलाकों में कल से आमतौर पर हल्की बारिश होती रही जबकि कहीं कहीं भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए राजधानी देहरादून में कल बहुत भारी बारिश के कारण रिस्पना और बिंदाल नदियों के निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया भारी बारिश की आशंका को देखते हुए देहरादून में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले तीन दिनों में खासकर देहरादून हरिद्वार पौड़ी टिहरी चमोली नैनीताल उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं पर्यटक सर्किट राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक स्थान का पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया है पिथौरागढ़ में चंडाक और मोस्टमानू क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के साथ ही इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसमें छात्रों को नेचर ट्रेल के माध्यम से क्षेत्र की जैव विविधता प्राकृतिक इतिहास पर्यावरण संरक्षण आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है